कोरिया जिले में झिलमिली कोयला खदान के धंसकने से दो श्रमिकों की मौत

इन ग्राम सभाओं में क्रृषि स्वास्थ्य पेयजल स्वच्छता पोषण और बाल संरक्षण जैसे मुद्दों के साथ ही सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी साथ ही ग्राम विकास की योजनाओं के प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे इस संबंध में पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश भी जारी किया है ग्राम सभाओं में स्वच्छता शुद्ध पेयजल और जल स्रोतों के संरक्षण के उपाए पर भी ग्रामीण चर्चा करेंगे इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाले उर्वरक बीज और कीटनाशकों के साथ ही वर्तमान खरीफ फसलों की स्थिति और फसल बीमा योजना से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के बारे में भी चर्चा की जाएगी राजीव गांधी जयंती राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पचहत्तरवीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है यह दिन साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के लिए सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की है इधर प्रदेश में भी स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राजधानी रायपुर में आयोजित सद्भावना दौड़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए उन्होंने गांधी चौक के पास हरी झण्डी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ किया इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि दी और स्कूली बच्चों सहित उपस्थित लोगों को शांति सद्भावना देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई उन्होंने कहा कि पंचायती राज संचार क्रांति अट्ठारह वर्ष के युवाओं को मताधिकार और पर्यावरण अधिनियम राजीव गांधी की देन है और उन्होंने देश की एकता तथा अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहति दी थी उधर राजभवन मंत्रालय जनसंपर्क संचालनालय सहित शासकीय कार्यालयों में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सदभावना दिवस के रूप में मनाया गया राजभवन में राज्यपाल के सचिव सुरेन्द कुमार जायसवाल और मंत्रालय में मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने अधिकारियों कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री द्गली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर धमतरी जिले के ग्राम दुगली में आयोजित ग्राम सुराज और वनाधिकार मड़ई में शामिल हुए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गौरतलब है कि चौदह जुलाई उन्नीस सौ पचयासी को राजीव गांधी का दुगली आगमन हुआ था तब से इसे राजीव ग्राम के नाम से भी जाना जाता है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुपोषण दूर करने के लिए लइका जतन ठउर त्रिफला प्रसंस्करण केन्द्र मां अंगार मोती गौठान और तीरंदाजी प्रशिक्षण केन्द्र का लोकार्पण किया साथ ही एक सौ चौंतीस करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया रेत खदान नीलामी प्रदेश में अब रेत खदानों के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम बनाया गया है इसके तहत रेत खदान संचालनकर्ता को खनिज रेत का मूल्य और अन्य प्रभारित करों को खदान क्षेत्र में प्रदर्शित करना होगा साथ ही रेत परिवहन में लगे वाहनों और इस व्यवसाय से जुड़े ट्रेडर्स का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा ठेकेदार द्वारा रायल्टी और अन्य करों का अग्रिम भुगतान कर खनिज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभिवहन पास जारी किया जाएगा इसमें चयनित बोलीदार को दो वर्ष के लिए रेत उत्खनन पट्टा का आवंटन किया जाएगा परिवहन बैठक प्रदेश में क्षमता से अधिक भार ढोने वाले वाहनों और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी साथ ही हर महीने यातायान जांच अभियान चलाया जाएगा यह निर्णय कल रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिया गया बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने यातायात नियमों के पालन और सडकों के रखरखाव पर जोर दिया गया परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने यातायात नियमों के उल्लंघन और वाहन चालन में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर वाहन जब्ती तथा ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण और निलंबन करने के निर्देश दिए

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बीते वर्ष में पंजीकृत किसानों को इस वर्ष भी पंजीकृत माना जाएगा जिन किसानों का पंजीयन पिछले साल नहीं हो पाया था ऐसे किसानों का पंजीयन तहसील माड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा नए किसानों का पंजीयन इकतीस अक्टूबर तक होगा आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पंजीकृत किसानों को पंजीयन के लिए समिति जाने की आवश्यकता नहीं है जो किसान पंजीयन में संशोधन करवाना चाहते हैं ऐसे किसानों के लिए समिति माड्यूल के माध्यम से संशोधन करने की व्यवस्था की गई है जोगी जाति मामला पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जाति प्रमाण पत्र के मामले में आज छानबीन समिति के सामने पेश हुए

श्री जोगी ने छानबीन समिति को दस्तावेज सौंपा श्री जोगी ने छानबीन समिति की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है श्री जोगी ने यह भी बताया कि उन्होंने जाति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर की है इस याचिका में छानबीन समिति की कार्रवाई में हस्तक्षेप के लिए अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया गया है खदान धंसी मौत कोरिया जिले में आज तड़के झिलमिली कोयला खदान के धंसकने से दो श्रमिकों की मौत हो गई वहीं कई अन्य श्रमिकों के खदान के अंदर फंसे होने की आशंका है मिली जानकारी के मुताबिक एसईसीएल की यह भूमिगत खदान है और जमीन के भीतर करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है प्रत्यक्षदर्शियों को अनुसार अभी भी खदान में चार से छह मजदूर दबे हुए हैं राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीआईजी डीएन लाल ने बताया कि सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी इस दौरान कोंडासावली के पास पांच पांच किलो के तीन बम बरामद किए गए जिन्हें मौके पर ही बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया उधर बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में सुरनार मल्लेपल्ली के जंगल में सुरक्षा बलों की टीम ने गश्त के दौरान दो माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है दुर्ग अपहरण दुर्ग में आज अज्ञात लोगों ने चार साल के एक बच्चे का अपहरण कर लिया है घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन बच्चे की तलाश में जुट गया है हमारे संवाददाता से मिली जानकारी ेके मुताबिक धनोरा से चार साल का बालक मौलिक साहू पिता चंद्रशेखर साहू बोरसी स्थित अपने घर से एक वाहन से स्कूल जा रहा था इस बीच मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश लोगों ने बीच रास्ते में स्कूल वैन को रोककर मौलिक का अपहरण कर लिया वाहन चालक ने घटना की जानकारी बच्चे के परिजन और पुलिस को दी अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे आसपास के थानों को सतर्क किया गया है शहर के प्रमुख मार्गो पर नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में कल सुबह ग्यारह बजे से जनचौपाल भेंट मुलाकात का आयोजन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी राधामोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराने के लिए रामप्रताप सिंह को प्रदेश चुनाव अधिकारी और विष्णुदेव साय को सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है ओल्ड लिसनर्स ग्रप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में रेडियो श्रोता सम्मेलन रेडियो और फोन इन रिकॉर्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया